मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंन्सिंग के माध्यम से कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ उद्योग नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग और जिला प्रशासन नये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने और ऑक्सीजन कॅन्सन्ट्रेटर की खरीद के लिए समन्वित प्रयास करें श्री गहलोत ने कहा कि इनकी जल्द से जल्द खरीद की जाये और आयात करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों का भी सहयोग लिया जाये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी जाम नगर और भिवाडी से मिल रही ऑक्सीजन गैस की आपर्ति को जल्दी ही अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए संबंधित कंपनियों के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाये रखे उन्होंने बताया कि कल केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को ऑक्सीजन के उठाव के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है इधर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी अधिकारियों को कोरोना संक्रमित मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा है उन्होंने जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में कोविड मरीजों को शिफ्ट करने पर जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने और निजी अस्पतालों को प्रति मरीज के हिसाब से आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के निर्देश दिए

सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने एक वक्तव्य में कहा कि कोरोना संकमण के फैलाव की श्रृंखला तोड़ने के लिए यह जरूरी है उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को अपने संचालनों की समीक्षा करनी होगी और केवल जरूरी कार्यो तक सीमित रहकर कर्मचारियों की उपस्थिति कम से कम करने का प्रयास करना होगा उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए

उद्योग जगत ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपचार केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने में मदद कर रहा है

उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी समी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है

नये दिशा निर्देशों के अनुसार अब विवाह संबंधी सूचना जिला प्रशासन को नहीं देने या गलत जानकारी देने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगेगा

हालांकि व्यक्तियों की इस संख्या में बैंड वाले शामिल नहीं है जिला प्रशासन ने कहा तो विवाह कार्यक्रम का वीडियो भी दिखाना होगा

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे एक और श्रोता का संदेश हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं